ईटानगर और पासीघाट के शहरी निकाय च्नाव के सभी परिणाम घोषित कर दिए गए है आई एम सी के सभी वार्डो में भाजपा और जे डी यू के बीच कड़ा मुकाबला देखने मिला च्नाव परिणाम की घोषणा करते हुए ईटानगर के जिला निर्वाचन अधिकारी कोमकर दलोम ने बताया कि भाजपा ने दस जेडीयू ने नौ और एन पी पी ने एक वार्ड में जीत दर्ज की है ईटानगर शहरी निकाय च्नाव में भाजपा के जीतने वाले उम्मीदवारों में वार्ड संख्या सत्रह से तामे फासांग वार्ड संख्या पांच से बामांग ताजी वार्ड संख्या छह से ताज ग्यामर बारह से ताई याकिया चौदह से ग्यामर त्विन पंद्रह से तादर हांघि सोलह से तार अचक अद्वारह से किपा ताक्म उन्नीस से तार्ह नाच्ंग और बीस से अरुण किपा लोरम शामिल है जबकि जेडीयू के जीतने वाले उम्मीदवारों में वार्ड संख्या आठ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुही ताग्ंग एक से लोकम आनंद दो से यागम जोमोह तीन से गोरा तालंग चार से तेचि मेमा नौ से पाक्य्म याना दस से य्कार यारो ग्यारह से गिदाक कानैर और वार्ड संख्या तेरह से ताम्क तागियांग शामिल है वही एन पी पी के वार्ड संख्या सात से उम्मीदवार बिरी बासांग ने जीत दर्ज की है

जिला निर्वाचन अधिकारी दवारा घोषित किए गए परिणामों के अन्सार पी एम सी के आठ वार्डो मे से भाजपा को छह और कांग्रेस को दो सीट पर जीत मिली है वार्ड संख्या सात से कांग्रेस उम्मीदवार सोबो पर्टिन ने मात्र दो वोट से जीत दर्ज की है भाजपा के जीतने वाले उम्मीदवारों में वार्ड संख्या तीन से कालिंग दोरुक एक से यालोप न्यिगंग योमसो दो से ओकियाम मोयोंग बोरांग चार से रेबिका मेगू पांच से पोन्ंग रादेंग सारिंग छह से ओयिन गाव शामिल है जबकि वार्ड संख्या आठ से कांग्रेस के नागक् तायेंग ने जीत दर्ज किया है इधर राज्य च्नाव आयोग के आय्क्त हागे कोजिंग ने कहा है कि आज देर शाम तक पंचायत च्नावों के ज्यादातर परिणाम घोषित होने की उम्मीद है उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष च्नाव के लिए राज्य सरकार च्नाव कर्मियों और मतदाताओ के प्रति आभार व्यक्त किया

वही छह हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत सदस्य भी बिना च्नाव के निर्वाचित हो च्के है उधर ग्राम पंचायत के लिए बाकी एक हजार सात सौ दो सीटों पर ह्ए च्नाव की मतगणना जारी है जबकि जिला पंचायत की एक सौ इकतालीस सीटों के लिए हए च्नाव के परिणाम भी आने लगे है विजयी उम्मीदवारों ने ख्शी जाहिर करते हए कहा कि वे जनता की आकांक्षाओ को पुरा करने का हर संभव प्रयास करेगें

जबकि इस ब्लाक की छियालीस जी पी एम की सीटों में से एनपीपी ने चालीस और भाजपा ने छह पर जीत दर्ज की है

देओमाली जे पी एम सीट से भाजपा के डब्लू लोवांग ने जीत दर्ज की है

वही राज्य के राजनैतिक माहौल में भी सरगर्मी बढ़ गई है राज्य में पहली बार टू टायर प्रणाली के आधार पर स्थानीय निकाय के च्नाव कराये गए वही पहली बार पार्टी सिम्बल पर पंचायत उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है राजनैतिक विश्लेषक और राजीव गांधी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रर डॉ एन टी रिकम ने ट् टायर प्रणाली का स्वागत किया लेकिन पंचायत में पार्टी के आधार पर च्नाव पर अपनी क्छ आशंकाए भी जाहिर की

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम का काफी विकास हआ है गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोतर भारत के विकास का नया वाहक है उन्होंने कहा कि राज्य में पहले किए गए आंदोलनों ने असम का विकास रोक दिया था

गृह मंत्री ने आज ग्वाहाटी में राज्य के द्रसरे मेडिकल कॉलेज की स्थापना समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने असोम दर्शन योजना के तहत नामघरों को वित्तीय सहायता वितरित किया

आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के त्रंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण होगा